प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन सौ छियालीस हुई

बिहार में मनरेगा के तहत छह लाख से अधिक मजदूरों को मिला काम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वीडियों कांफ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड महामारी की स्थिति को लेकर संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब तक दो लॉकडाउन देख चुका है और दोनों अलग अलग तरह से रहे है अब हमें आगे के बारे में सोचने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले कुछ महीनों तक नजर आएगा श्री मोदी ने चेतावनी दी दो गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग स्वयं ही घोषित कर रहे है कि उन्हें खांसी जुकाम या कोई अन्य लक्षण है और यह स्वागत योग्य है प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी के सबसे अधिक उनहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है एक दिन में मिले मरीजों की यह सबसे अधिक संख्या है इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन सौ छियालीस हो गयी है दरभंगा पूर्णिया और मध्रबनी जिलों में भी कोरोना के पॉजिटिव मामले पाये गये जिससे प्रभावित जिलों की संख्या पच्चीस हो गयी है राज्य स्वास्थ्य समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक सबसे अधिक नब्बे लोग मुंगेर जिले में मिले हैं वहीं पटना में उनतालीस नालंदा में पैंतीस रोहतास में इकतीस सिवान में तीस और बक्सर में पच्चीस मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावे कैमूर गोपालगंजबेगूसराय भोजपुर औरंगाबाद गया पूर्वी चंपारण भागलपुर और बांका सहित कुछ अन्य जिलों में भी संक्रमण पाये गये हैं अब तक संतावन मरीज प्ररी तरह स्वस्थ हो चुके हैं जबकि इस महामारी से दो लोगों की मृत्यु हुई है अभी दो सौ सतासी मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इधर राज्य में कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जांच के दौरान कैमूर जिले के तीन पुलिस कर्मी और मधुबनी की एक महिला पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिली है वहीं रेल थाना के सब इंस्पेक्टर में भी कोरोना के लक्षण मिले हैं अब तक लगभग तीन हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की जांच की गयी है जबकि पांच सौ से अधिक को क्वारंटाइन किया गया है वहीं कोरोना वायरस से ठीक होने वालों में बिहार तीसरे स्थान पर पहुंच गया है इधर देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अठाईस हजार तीन सौ अस्सी हो गई है छह हजार तीन सौ बासठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि आठ सौ छियासी लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि महामारी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी जरुरी है

श्री अग्रवाल ने बिना संक्रमण वाले इलाको के अधिकारियों से अधिक कडाई और सतर्कता बरतने को कहा उन्होने कहा कि ग्रीन जोन के जिला प्रशासन को सतर्क रहते हुए निगरानीपर ध्यान देना चाहिए ताकि वहां संक्रमण के नए मामले सामने न आएं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि कलंक और भय के कारण कई बार रोगी छुपने का प्रयास करते हैं और समय पर उपचार कराने से बचते हैं

जितनी जल्दी सच्चाईका सामना होगा उतनी जल्दी ही और उतनी ही एप्रोप्रीएट तरीके से उसका समाधान होगा एक्मुख्य अंश के रूप में माननीय प्रवानमंत्री जी ने यह भी कहा कि इस समय में अन्य आरोग्यसुविघायें जैसे कि डायलेसिस अन्य बीमारिया उनके ट्रीटमेन्ट आदि में भी कोई ढिलाईना होने दें और हम परम्परागत मैडिकल व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे

हमें यह समझना होगा कि ठीक होने वाले रोगी से संक्रमण का कोई खतरा नहीं है वास्तव में वे प्लाज्मा थेरेपी के लिए एंटीबाड़ीज का स्रोत हो सकते हैं अधिकारी ने कहा कि हमें गलत जानकारी और घबराहट से बचना चाहिए स्वास्थ्य देखभाल करने वालों सफाईकर्मियों पुलिस को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे सब लोगों की सहायता कर रहे हैं इधर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि लाकडाउन के दिशा निर्देश और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए देश भर में रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम तेजी पकड रहे हैं अधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान कृषि और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश भर में मनरेगाकार्य तथा निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत दो करोड़ से अधिकलोगों को रोजगार मिला है

वॉटर कॉन्जरवेशन और ऐरिंगेशन जैसे लार्ज कम्यूनिटी ऐसेट्स पर भी मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया हैऔर दो करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है

लॉक डाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट मिलने के बाद बिहार में रोजगार के कार्यक्रमों में तेजी आयी है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि पिछले एक सप्ताह की अवधि में छह लाख से अधिक मजदूरों को काम मिला है उन्होंने बताया कि लगभग आठ हजार ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है इसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य उपायों का पालन करते हुए जल संरक्षण लघु सिंचाई तालाब जीर्णोद्वार की योजनाओं पर काम चल रहा है वहीं काम पूरा होने के बाद कामगारों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के उप विकास आयुक्त को जवाबदेह बनाया गया है राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए ईंटों की खुली बिक्री करने का आदेश दिया है खान और भूतत्व विभाग ने कहा है कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद चल रही कार्य परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री की उपलब्धता में कमी नहीं हो इसके लिए यह आदेश जारी किया गया है बिहार में दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को क्वारेंटाइन किये जाने के बाद ही गांवों में प्रवेश मिलेगा पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि सभी जिलों को इसकी सूचना भेज दी गयी है प्रधान सचिव ने कहा कि पंचायत स्तर पर बाहर से आने वाले लोगों को बिना क्वारेंटाइन किये घरों में प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है उन्होंने कहा कि इस निर्देश का पालन नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई की जायेगी कोविड उन्नीस के रोगियों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरकर सामने आया है अमरीकाब्रिटेन और चीन जैसे देशों ने कोविड उन्नीस के मरीजों के उपचार के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया है भारत के औषधि महानियंत्रक ने रोगियों के इलाज के लिए आईसीएमआर के मानकों के तहत प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण की अनुमति दे दी है उत्तरप्रदेश का किंग जोर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय प्लाज्मा थेरेपी द्वारा सफलतापूर्वक उपचार शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है चिकित्सकों का कहना है कि लॉकडाउन का हर हाल में पालन करना चाहिए यह कोविड उन्नीस महामारी की कडी को तोडने में सहायक है अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान में गठिया रोग विभाग प्रमूख डॉक्टर उमा कुमार ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन बहुत प्रभावी है डॉक्टर कुमार ने कहा कि सरकार ने समय पर यह फैसला लिया है

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दसवीं और बारहवीं कक्षा की बाकी बची परीक्षाओं को लॉकडाउन के बाद आयोजित करेगा मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने बाहर के छात्रों को ब्रलाने के लिए केन्द्र सरकार से दिशा निर्देश बनाने का अन्रोध किया है प्रधानमंत्री से संवाद के दौरान उन्होंने यह आग्रह किया गौरतलब है कि राजस्थान के कोटा सहित देश के विभिन्न भागों में बिहार के छात्र फंसे हुए हैं जो राज्य सरकार से मदद की लगातार गुहार लगा रहे हैं इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे बिहारी छात्रों को भी प्रदेश सरकार एक एक हजार रूपये की मदद देगी वहीं लॉक डाउन के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे छात्रों के लिए एक हेल्पलाइन नम्बर शुरू की गई है जिस पर राजस्थान के कोटा के अलावा दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक हरियाणा और झारखंड समेत कुछ अन्य राज्यों से छात्रों ने संपर्क किया है कक्षा नौ से बारह तक के छात्र घर पर रह कर ही ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे बिहार शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए शिड्यूल जारी किया है परिषद ने कहा है कि यह पढ़ाई बिहार कैरियर पोर्टल के अंतर्गत यू ट्यूब के माध्यम से होगी सभी कक्षाएं गुरूवार और सोमवार को शाम चार से पांच बजे के बीच एक घंटे के लिए होंगी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 आकाशवाणी से बातचीत में प्रदेश के कई लोगों ने इस मदद के लिए सरकार का आभार जताया है

विभिन्न जिलों से हमारे संवददाताओं ने बताया कि कोरोना संक्रमण मामले सामने आने के बाद कई क्षेत्रों को हॉट स्पाट घोषित कर सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है नवादा के हिसुआ में एक इलाके में तीन किलोमीटर तक के दायरे में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है वहीं बांका के बेलहर प्रखंड के एक इलाके को सील कर दिया गया है रोहतास से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले को देखते हुए सभी पंचायतों में बाहर से आये मजदूरों का पंजीकरण किया जा रहा है मौसम विभाग ने अगले तीन से चार घंटे के दौरान पूर्णिया मध्रबनी सहरसा दरभंगा और उसके आस पास क्षेत्रों में तेज आंधी पानी और वजपात की चेतावनी जारी की है इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि सीतामढ़ी जिले में सुबह से लगातार बारिश हो रही है वहीं बांका जिले के कटोरिया चांदन और बेलहर प्रखंडों में बारिश के कारण तेलहन की फसल को भारी नुकसान हुआ है खगड़िया में भी कई स्थानों पर तेज बारिश से खेत में लगी फसलों को क्षति पहुंची है राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में तीस अप्रैल तक बारिश की संभावना बनी हुई है आज सुबह भी पटना के कई हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड उन्नीस और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वीडियो कांफ्रेसिंग से मुख्यमंत्रियों से बातचीत की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है पटना में छह नये मरीज पूर्णिया दरभंगा और मधुबनी में भी संक्रमण दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है नियमों में संशोधन तक किसी को वापस बुलाना सम्भव नहीं दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है देश के नौ राज्यों में संक्रमितों का आंकड़ा एक हजार के पार महाराष्ट्र समेत नौ राज्यों में अठासी प्रतिशत मरीज प्रभात खबर ने कुछ और ढील के साथ बढ़ सकता है लॉकडॉउन की खबर को प्रमुखता दी है दैनिक आज ने कृषि मंत्री के हवाले से लिखा है अप्रैल में हुई फसल क्षति का मिलेगा मुआवजा

प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन सौ छियालीस हुई

बिहार में मनरेगा के तहत छह लाख से अधिक मजदूरों को मिला काम